प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो देश को उपलब्धियों के नये शिखर तक ले जा सकती है आज नई दिल्ली में भाजपा के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार के पिछले साढ़े चार साल के कामकाज को देख कर देश के आम नागरिकों का भाजपा पर भरोसा पक्का हो गया है उन्होंने कहा कि यह बड़े आश्चर्य और गर्व की बात है कि जिस पार्टी के कभी संसद में दो सदस्य थे वह आज इतने बड़े पैमाने पर अपना राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित कर रही है स्वामी विवेकानंद जयंती पर उन्हें याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था हर राष्ट्र की एक नियती होती है उसका एक संदेश होता है और हर राष्ट्र का एक ध्येय भी होता है भारत को भी अपने ध्येय को अपनी ध्येय प्राप्ति को प्राप्त करना ही है और इसे प्राप्त करने में राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति का पूरा सामर्थ्य पूरा योगदान चाहिए होता है भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें पहले दिन से ही ये शिक्षा ये संस्कार दिए गए और यही संस्कार आज भी हमारे जीवन को निर्धारित कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी का यह पहला राष्ट्रीय अधिवेशन है जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अनुपस्थिति में आयोजित किया जा रहा है उन्होंने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से स्वर्गीय वाजपेयी द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने का भी आह्वान किया बाइट ये राष्ट्रीय परिषद की पहली बैठक है जो अटल जी के बिना हो रही है वो आज जहां से भी हमें देख रहे होंगे अपने बच्चों की इस ऊर्जा से राष्ट्र के प्रति इस समर्पण से उन्हें भी संतोष हो रहा होगा श्री मोदी ने कहा कि राजनीति विचारों की ब्रनियाद पर की जाती है और कोई भी गठबंधन विजन पर बनते हैं लेकिन यह पहला मौका है जब गठबंधन करने वाले दल सिर्फ़ एक व्यक्ति को हराने के लिये एकजुट हो रहे हैं

जाति के आधार पर क्षेत्र के आधार पर भाषा के आधार पर परिवार के आधार पर इस देश के अंदर जो नीतियां बनती थी मत और मजहब के आधार पर देश को विभाजित करने और विघटन की ओर ले जाने के लिए जिस प्रकार की दुरभि संधि हुआ करती थी उन सबसे अलग हट करके गांव गरीब किसान नौ जवान महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य करेगी जो कहा इन साढ़े चार वर्षों में वह करके दिखाया इससे पूर्व राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित राजनैतिक प्रस्ताव में पार्टी ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में स्थिरता और अस्थिरता प्रमुख मुद्दा होगा राज्य में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन कर लिया है आज लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक संयुक्त प्रेसवार्ता में गठबंधन बनाने का ऐलान किया

दो सीटें उन्होंने अन्य दलों के लिए छोड़ दो हैं जबकि गठबंधन ने अमेठी और रायबरेली सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ उम्मोदवार न खड़ा करने की घोषणा की है मीडिया से बातचीत करते हुए सुश्री मायावती ने कहा कि यह गठबंधन देश और जनता के हित में है जबकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से साहार्द बनाए रखने और गठबंधन के धर्म का निभाने का आहवान किया और विवरण हमारे संवाददाता से यह पहली बार है जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए एक साथ बैठे

कांग्रेस को गठबंधन में लेने के बजाय दो लोकसभा सीटें अमेठी और रायबरेली पार्टी के लिए छोड़ी गई हैं मुख्यंमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस गठबंधन को एसपी बीएसपी के अस्तित्व की सुरक्षा के लिए गठबंधन करार दिया है मुल्तान सिंह यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ इस बीच भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी ने दोनों पार्टियों की एकता को मजबूरी का गठबंधन करार दिया है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लोकप्रियता से घबरा कर सपा और बसपा ने हाथ मिलाया है बाइट भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में पिछले साढ़े चार वर्षो से देश के गांव गरीब किसान मजदूर के लिये जो काम किया है आज सबको अहसास है कि गरीबों का विकास गांव का विकास किसान का विकास मोदी जी कर सकते है इस नाते मोदी जी से भयभीत होकर के यह जो एक द्रसरे के कट्टर दुश्मन थे वह इकट्ठा हुए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

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णो को दस प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ नहीं है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आरक्षण शीर्षक से लिखे अपनी फेसबुक पोस्ट में श्री जेटली ने इसे गरीबी उन्मूलन और सामान्य वर्ग के गरीबों के हित में सबसे बड़ा कदम बताया है उन्होंने कांग्रेस पर इस मामले में झूठी तसल्ली देने का आरोप लगाया और यह भी कहा कि संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक को उसने मन से समर्थन नहीं दिया वित्त मंत्री ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक आधार पर सभी के लिए समान अवसर आर न्याय सुनिश्चित करने का उल्लेख किया गया है क्भ को दिव्य और भव्य बनाने के उददेश्य से सरकार ने श्रद्वालुओं की सुविधाओं के लिये विशेष व्यवस्थाएं की हैं बत्तीस सौ हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले इस वृहद आयोजन में लगभग बारह करोड़ लोगों के आने का अनुमान है पूरे मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने की दृष्टि से इसे बीस सेक्टरों में बांटा गया है प्रत्येक सक्टर में सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ एक मजिस्ट्रेट तैनात रहेगा

सम्पूर्ण क्षेत्र में पन्द्रह खोया पाया केन्द्र भी बनाये गये हैं श्रद्वालुओं के सुचारू आवागमन के लिये दो सौ सैंतालीस किलोमीटर सड़का का निर्माण किया गया है प्रयागराज में प्रकाश व्यवस्था के तहत चालीस लाख लाइटें लगाई गई है स्वच्छता की द्रष्टि से एक लाख बाईस हजार शौचालय बनाये गये हैं जिसके लिये दस हजार स्वच्छता कर्मी तैनात किये गये हैं श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिये केन्द्रीय अस्पताल के अलावा कई अस्पताल बनाये गये हैं रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिये एक हजार सात सौ ग्यारह विशेष ट्रेने संचालित कर रहा है इसके अलावा राज्य परिवहन निगम छह हजार से अधिक बसें चला रहा है प्रयागराज क्षेत्र के बस स्टेशनों और पार्किंग स्थलों से संगम तक श्रद्धालुओं को ले जाने के लिये पांच सौ शटल बसें भी चलाई जा रही हैं शटल बस सेवा श्रद्धालुओं को निःशुल्क उपलब्ध रहेगी पहले शाही स्नान पर्व के दौरान लखनऊ से प्रयागराज जाने के लिये श्रद्धालुओं को आलमबाग चारबाग़ और कैसरबाग स्टेशनों से तीस तीस मिनट के अंतराल पर बस सेवा मुहैया कराई जा रही है स्वामी विवेकानन्द जयन्ती आज राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जा रही है इस अवसर पर प्रदेश के अनेक स्थानों पर कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है राज्यपाल राम नाईक ने आज सुबह लखनऊ के अमीनाबाद स्थित स्वामी विवेकानन्द की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धाजंलि दी इस अवसर पर श्री नाईक ने कहा कि स्वामी विवेकानन्द ने देश और दुनिया के लोगों को नई सोच और नई दिशा देने के साथ साथ भारतवासियों में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया है उन्होंने कहा कि शिकागो में आयोजित विश्व धर्म परिषद में स्वामी विवेकानन्द ने अपने उद्बोधन से यह प्रमाणित किया था कि भारतीय संस्कृति में सभी को समाहित करने की क्षमता है राज्यपाल ने राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में सुल्तानपुर ज़िले के विभारपुर गांव में आयोजित ग्राम्य युवा चेतना कुंभ में भी भाग लिया

श्री योगी ने कहा कि स्वामी विवेकानन्द के विचार आज भी प्रासंगिक हैं